छह मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा एक हजार छह सौ सोलह हुआ

अब तक बावन लाख पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन लोगों का किया जा चुका है टीकाकरण

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के दो हजार नौ सौ निन्यानवे नए मामलों की पुष्टि हुई है इनमें से सबसे अधिक एक हजार एक सौ संतानवे मामले पटना से सामने आए हैं गया से एक सौ चौरासी भागलपुर से एक सौ इकसठ मूजफ्फरपूर से एक सौ इकतालीस और बेगूसराय से एक सौ दो पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं इसके अलावा अन्य सभी जिलों से भी कोरोना के मामले सामने आए हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल छह सौ छत्तीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी राज्य में स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव चार आठ प्रतिशत है वहीं इसी अवधि में छह मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार छह सौ सोलह हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या सत्रह हजार बावन है जिसमें सबसे अधिक पटना से छह हजार सात सौ उनचास मामले हैं

टीका उत्सव के दूसरे दिन कल प्रदेश भर में एक लाख उनचास हजार दो व्यक्तियों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये इनमें से एक लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ पैंतालीस लोगों को टीके की पहली डोज जबकि बीस हजार चार सौ संतावन लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गयी राज्य में अब तक बावन लाख पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इसमें छियालीस लाख चार हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि छह लाख इकतीस हजार से अधिक लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गयी है इधर देश भर में कल सैंतीस लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया अब तक लगभग दस करोड़ तेरासी लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है बिहार को आज कोविड टीके की पांच लाख अतिरिक्त डोज मिलेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इसमें कोविशील्ड की दो लाख डोज जबकि को वैक्सीन की तीन लाख डोज है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लेने की अपील की है

अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है

भारतीय औषध महानियंत्रक डीसीजीए के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्प्रतनिक वी के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है डीसीजीए की आवश्यक अनुमति के बाद भारत में कोविड महामारी से निपटने के लिए यह तीसरी वैक्सीन होगी जिसका आपात उपयोग किया जा सकेगा भारत में इस वैक्सीन का क्लीनिकल परीक्षण डॉक्टर रेड्डीज लैब करा रही है कंपनी ने स्प्तनिक वी वैक्सीन के इक्यानवे दशमलव छह शून्य प्रतिशत प्रभावी होने का दावा किया है डॉक्टर रेड्डीज ने इस वर्ष फरवरी में स्प्रतनिक वी के आपात उपयोग के लिए आवेदन किया था स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हए पटना एम्स समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ायी जायेगी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्री पांडेय ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन और मेडिकल अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि एम्स में दो दिनों के अंदर साठ अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जायेगी कोरोना की दूसरी लहर में युवा सबसे अधिक संक्रमित हो रहे हैं पटना जिला प्रशासन की ओर से करवाये गये एक अध्ययन में यह बात सामने आयी है इस अध्ययन में छह हजार संक्रमितों को शामिल किया गया था इनमें पच्चीस से उनचास साल आयु वर्ग के दो हजार नौ सौ तेईस लोग प्रभावित मिले इनमें महिलाओं की संख्या नौ सौ बीस जबकि पुरूषों की संख्या दो हजार तीन है इसके बाद सबसे अधिक पचास से चौहत्तर आयु वर्ग के एक हजार छह सौ इकतीस संक्रमित हैं वहीं शून्य से चौबीस आयु वर्ग के एक हजार एक सौ नौ लोग संक्रमित मिले हैं संक्रमण की सबसे कम दर पचहत्तर से निन्यानवे आयु वर्ग के लोगों में मिली है इनकी संख्या एक सौ पैंतीस है रोहतास जिले के बाराडीह गांव में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में तीन विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है जिन विधायकों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है उनमें नोखा की विधायक अनिता चौधरी काराकाट के अरूण सिंह और दिनारा के विधायक विजय मंडल शामिल हैं इसके अलावा कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है गौरतलब है कि ये सभी जनप्रतिनिधि एक सम्मान समारोह में शामिल हुए थे जिसके लिए पूर्व से अनुमति नहीं ली गयी थी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने संतावन पैक्स और एक सौ संतावन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों के चुनाव पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है प्रदेश के निबंधित श्रमिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जायेगा श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि सरकार के इस फैसले से लगभग पन्द्रह लाख श्रमिकों को लाभ होगा उन्होंने बताया कि योजना से श्रमिकों को जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गयी है हर घर नल का जल योजना से संबंधित शिकायतों के लिए पंचायती राज विभाग ने हेल्पलाईन नम्बर जारी किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ छह शून्य तीन चार पांच पांच पांच पांच या वाट्सएप नम्बर नौ एक दो दो चार शून्य शून्य सात सात सात पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार अवामी कॉपरेटिव बैंक पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया है

आज से भारतीय विक्रम नव संवत्सर दो हजार अठहत्तर शुरू हो गया है वहीं वासंतिक नवरात्र की भी आज से शुरूआत हुई है आज देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की प्रजा अर्चना हो रही है कोविड के चलते इस बार मंदिरों में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है लोग अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं कल शाम चांद नहीं देखे जाने से रमजान का पवित्र महिना कल से शुरू हो रहा है इसकी पुष्टि इमारत ए शरिया फुलवारीशरीफ इमारत ए अहले हदीस और शिया रूयते हिलाल कमिटी समेत विभिन्न इस्लामिक संगठनों ने की है इस्लामिक कैलेण्डर के अनुसार रमजान नौवां महीना है और इसका समापन इद उल फित्र के साथ होता है खाड़ी देशों में रमजान की आज पहला दिन है केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम का प्रकाशन कर दिया है परीक्षा में ग्यारह हजार आठ सौ अड़तीस अभ्यर्थियों को सफलता मिली है रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में मुजफ्फरपुर के तपन प्रकाश ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है वे वर्तमान में डीआरडीओ में वैज्ञानिक के पद पर कार्य कर रहे हैं वहीं जिले के मंझौलिया के रहने वाले रामकृष्ण ने इसी परीक्षा में आठवां स्थान हासिल किया है अप्रैल महीने में अब तक तीन हजार एक सौ सोलह शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है उत्पाद विभाग के अनुसार पांच हजार चार सौ छियालीस प्राथमिकी दर्ज हुई है और चार लाख चौरासी हजार लीटर से अधिक शराब जब्त की गयी है दो सौ तिरसठ चार पहिया और पांच सौ अठहत्तर दो पहिया वाहन समेत नौ सौ नब्बे वाहन जब्त किये गये हैं मौसम विभाग ने तेज पछुआ हवा के कारण अगले दो दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है इस दौरान कई स्थानों पर लू जैसी स्थिति बन सकती है मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि अभी तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है

आक्रोशित लोगों ने आरोपी की पीट पीट कर हत्या कर दी पुलिस मामले की जांच कर रही है पश्चिम चंपारण जिले के शेख मझरिया गांव से उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से पच्चीस हजार रूपये के इनामी अपराधी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के मलमल गांव में विषाक्त चना खाने से साठ लोग बीमार हो गये इनमें से तीन बच्चों को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या और टीकाकरण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में बढ़ी संक्रमण की दर रिकवरी रेट भी कम दैनिक जागरण लिखता है देश में तीसरी कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी प्रभात खबर की सुर्खी है कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा तेज और खतरनाक बिहार में बारह दिनों में अड़तालीस की मौत दैनिक भास्कर ने लिखा है फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राफेल विवाद खरीद में भ्रष्टाचार की दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई दैनिक आज की सुर्खी है बाजार में गिरावट से निवेशकों के आठ लाख करोड़ डूबे राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अस्पताल से मिली छुट्टी

छह मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा एक हजार छह सौ सोलह हुआ

अब तक बावन लाख पैंतीस हजार सात सौ इक्यावन लोगों का किया जा चुका है टीकाकरण